हरियाणा के सभी जिलों में आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के लाभार्थियों को ई संजीवनी से जोड़ा गया ह

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी

भारत में निर्मित इस वैक्सीन से पूरे विश्व को फायदा होगा

श्री मोदी ने कहा कि पीएम केयरर्स फण्ड में उनके द्वारा दिए गए योगदान से देश्ज्ञ में स्वास्थ्य सेवायें मजबूत हो रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ रहा है ऐसे में प्रवासी भारतीय ब्रैंड इंडिया को मतबूत करने में अहम भूमिका निभायेंगे श्री मोदी ने कहा कि जब प्रवासी भारतीय भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे विश्वभर में लोगों का इन उत्पादों में विश्वास बढेगा उन्होंने कहा कि भारत में विकसित की गई नई प्रणालियों की वैश्विक संस्थाओं द्वारा सराहना की जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब लोगों को प्रौद्योगिकी की मदद से सशक्त बनाने के लिए भारत भारत के अभियान की दुनिया के कोने कोने चर्चा हो रही है

उन्होंने कहा कि देश के दवा उद्योग ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में भारत की श्रमता से पूरे विश्व को फायदा होता है

श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट ने द्निया के विभिन्न कोनो से लोगों को आपस में जोड़ा है लेकिन हमारे दिल देश केलिए आपसी प्रेम से जुड़े हैं उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में प्रवासी भारतीयों ने समाज की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाकर अपनी पहचान कायम की है श्री मोदी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा आगे आने के किस्से सुनकर उन्हें गर्व महसूस होता है इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड ने देश को कई सकब सिखाए हैं जिनमें से और आत्मनिर्भर होने की जरूरत सबसे बड़ा सबक है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि भारत औश्र सुरीनाम के गहरे संबंध हैं और दोनो देशों ने अपनी विरासत संस्कृति और रीति रिवाजों को संभाल कर रखा है

हरियाणा के सभी जिलों में आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के सभी लाभार्थियों को ई संजीवनी से जोड़ा गया है हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ वीके बांसल ने बताया कि ई संजीवनी ऐप से जुड़ने से सभी गर्भवती महिलाएं इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श ले पाएँगी उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के समय यह एक बहुत बड़ी सुविधा होगी अब गर्भवती महिलाओं को दवाई लेने व स्वास्थ्य संबंधी छोटी से छोटी समस्या का परामर्श वीडियों कॉल के माध्यम से उपलब्ध होगा

विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता यमुनानगर उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा महेन्द्रगढ नारनौलउप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला अंबाला शिक्षा मंत्री कवर पाल गुरुग्राम परिवहन मंत्री मुलचंद शर्मा रेवाडी बिजली मंत्री रणजीत सिंह भिवानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल रोहतक और सहकारिता मंत्री डॉबनवारी लाल नूंह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे आज हरियाणा में किसानों के मसीहा सर छोटू राम की पुण्यतिथि और बल्लभगढ के राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस श्रद्दा और गौरव के साथ मनाया गया बल्लभगढ के राजा नाहर सिंह पार्क में आयोजित श्रद्वांजलि सभा में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आयोजित यज्ञ में आहूति दी और देश की आजादी में राजा नाहर सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया वहीं किसान मसीहा सर छोट् राम की पुण्य तिथि रोहतकके जाट शिक्षण संस्था परिसर स्थित समाधि स्थल पर मनाई गई इस अवसर पर अवन यज्ञ हुआ जिसमें उचाना की पूर्व विधायक व बीजेपी नेता प्रेम लता मौजूद रहीं भिवानी में युवा कल्याण संगठन ने दीनबंध सर छोटराम की पृण्यतिथि राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस व चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डॉ हरगोविंद खुराना की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्ट अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी लिंग पहचान स्वयं व्यक्त करने का अधिकार दिया जायेगा इसके लिए ऐसे व्यक्ति ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से अपने पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस समुदाय के लोगों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने शिक्षा सामाजिक सुरक्षा रोजगार स्वास्थ्य देखभाल सार्वजनिक परिवहन सार्वजनिक जीवन और खेल आदि में भेदभाव को खत्म करने के लिए आवश्यक कदमों का प्रावधान किया गया है